कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले बेहतर रहने के आसार सर्वेक्षणों में बिहार की चालीस लोकसभा सीटों में से एनडीए को भारी बढ़त

मतदान पश्चात कराये गये अधिकतर सर्वेक्षणों में अनुमान लगाया गया है कि चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन केन्द्र में फिर से सरकार बनायेगा समाचार चैनलों और विभिन्न एजेंसियों के सर्वेक्षणों में एनडीए को दो सौ छिहत्तर से तीन सौ छत्तीस कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए को बयासी से एक सौ चौंसठ और अन्य राजनीतिक दलों को एक सौ चार से एक सौ अड़तीस सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है परन्तु कुछ चैनलों ने यह अनुमान भी व्यक्त किया है कि एनडीए बहुमत से कुछ पीछे रह सकता है न्यूज टवेंटी फोर चाणक्या के सर्वे में एनडीए को तीन सौ पचास जबकि कांग्रेस और सहयोगी दलों को पंचानवे तथा अन्य दलों को संतानवे सीटें मिलने का अनुमान है इंडिया ट्र्डे एक्सिस माई इंडिया के अनुसार भाजपा और उसकी सहयोगी दलें तीन सौ उनतालीस से तीन सौ पैंसठ सीटें जीत सकती हैं जबकि कांग्रेस और उसकी सहयोगी दलों को सतहत्तर से एक सौ आठ सीटें मिलने का अनुमान है अन्य दलों को उनहत्तर से पंचानवे सीटें मिलने की संभावना है वहीं इंडिया टीवी सी एनएक्स ने अपने सर्वे में एनडीए को तीन सौ कांग्रेस और सहयोगी दलों को एक सौ बीस और अन्य दलों को एक सौ बाईस सीटें दी हैं इसी तरह सीएनएन आईबीएन ने एनडीए को तीन सौ छत्तीस यूपीए को बयासी और अन्य दलों को एक सौ चौबीस सीटें मिलने का अनुमान जताया है टाईम्स नाउ बीएमआर के एक्जिट पोल के अनुसार भाजपा और सहयोगी दलों को तीन सौ छह यूपीए को एक सौ बयालीस और अन्य दलों को चौरानवे सीटें तक मिल सकती हैं रिपब्लिक भारत जन की बात के चुनाव बाद सर्वेक्षणों के अनुसार भाजपा और सहयोगी दलों को तीन सौ पांच कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को एक चौबीस जबकि अन्य दलों को एक सौ तेरह सीटें मिलने का अनुमान है न्यूज नेशन ने अपने एक्जिट पोल में एनडीए को दो सौ बयीस से दो सौ नब्बे कांग्रेस और सहयोगी दलों को एक सौ अठारह से एक सौ छब्बीस और अन्य दलों को एक सौ तीस से एक सौ अड़तीस सीटें दी है रिपब्लिक सी वोटर ने एनडीए को दो सौ सत्तासी कांग्रेस और सहयोगी दलों को एक सौ अठाईस जबकि अन्य दलों को एक सौ सत्ताईस मिलने का अनुमान जताया है एबीपी एसी नीलसन के एक्जिट पोल के अनुसार एनडीए को दो सौ सड़सठ कांग्रेस और सहयोगी दलों को एक सौ सत्ताईस और अन्य दलों को एक सौ अड़तालीस सीटें मिलती दिख रही हैं इन सर्वेक्षणों में दो हजार चौदह के लोकसभा चुनाव की तरह मध्य प्रदेश राजस्थान गोवा गुजरात हरियाणा उत्तराखण्ड और झारखण्ड में भाजपा को भारी सीटें मिलने की संभावना हैं वहीं दिल्ली हरियाणा और बिहार में एनडीए को सौ फीसदी सीटें तक मिलने का रूझान बताया गया है पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भाजपा को भारी सफलता मिलती दिख रही है उत्तर प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में एनडीए को कुछ कम सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है बिहार की चालीस सीटों के लिये किये गये सर्वेक्षणों में एनडीए को तीस से चालीस सीटें मिलने का अनुमान है जबकि महागठबंधन को शुन्य से ग्यारह सीटों पर जीतते हुये दिखाया गया है इंडिया ट्रडे एक्सिस ने राज्य में एनडीए को अड़तीस से चालीस सीटें दी है वहीं महागठबंधन को शून्य से दो सीटें मिलने का अनुमान है इसके बाद सबसे अधिक चौंतीस सीटें एबीपी एसी नीलसन ने एनडीए को दी हैं महागठबंधन के खाते में एजेंसी छह सीटें दे रहा है इंडिया टीवी और न्यूज टवेंटी फोर चाणक्य ने एनडीए को बत्तीस बत्तीस और महागठबंधन को आठ आठ सीटें मिलने का अनुमान जताया है रिपब्लिक सी वोटर ने एनडीए को तैंतीस और महागठबंधन को सात टाईम्स नाउ ने एनडीए को तीस और महागठबंधन को दस सीटें मिलने की संभावना जतायी है वहीं रिपब्लिक जन की बात ने एनडीए को अठाईस से इकतीस और महागठबंधन को आठ से ग्यारह सीटें दी हैं एक्जिट पोल के नतीजों पर सभी राजनीतिक दलों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है भाजपा ने कहा है कि पिछले लोकसभा चूनाव की तुलना में इस बार अधिक सीटें जीतने के उसके दावे को एक्जिट पोल सही ठहरा रहा है पार्टी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इन आकलनों से साबित होता है कि देश में मोदी लहर है और लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को सराहा है कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक्जिट पोल की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हये कहा है कि कई बार ऐसे सर्वे गलत साबित होते रहे हैं उन्होंने कहा कि बिहार में दो हजार पंद्रह के चूनाव में एनडीए को एक सौ पंद्रह सीटें दिखायी गयी थी लेकिन गठबंधन को मात्र अठावन सीटें ही मिल सकी थी राजद ने चुनाव बाद सर्वेक्षणों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुये कहा है कि ये नतीजे बिना किसी आधार के रखे जाते हैं तेईस मई को मतगणना के दिन हकीकत सबके सामने आ जायेगी सत्रहवीं लोकसभा के गठन के लिये संपन्न चुनाव की मतगणना तेईस मई को होगी मतगणना के लिये निर्वाचन आयोग ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि वजगृहों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईवीएम मशीनों को रखा गया है मतगणना केंद्रों पर सभी जरूरी सुविधा उपलब्ध कराने के लिये जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं मौसम विभाग ने कहा है कि बाईस मई से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मॉनसून पूर्व बारिश की शुरूआत हो जायेगी विभाग ने कहा है कि इक्कीस जून की शाम से बेतिया मोतिहारी गोपालगंज सीवान सहित आसपास के इलाकों में मौसम में परिवर्तन आना शुरू हो जायेगा इधर पूर्वी बिहार और इसके आसपास बने चक्रवाती हवा के दवाब क्षेत्र के कमजोर पड़ जाने से लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है तेज पछ्आ हवा चलने के कारण लू की स्थिति बनी हयी है आज और कल पटना गया जहानाबाद नालंदा शेखपुरा सीवान छपरा और गोपालगंज लू की चपेट में रहेंगे मुजफ्फरपुर स्थित श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इंसेफ्लाइटिस के एक संदिग्ध बच्चे की देर रात मौत हो गयी जबकि तीन बच्चों का इलाज चल रहा है हमारे संवाददाता ने बताया कि कल शाम चमकी और बूखार से पीड़ित चार बच्चों को गंभीर स्थिति में भर्ती कराया गया जिसमें एक की इलाज के दौरान मौत हो गयी शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ गोपाल शंकर सहनी ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा की यह मामला इंसेफ्लाइटिस का है या नहीं पटना जिले के फतुहा थाना क्षेत्र अंतर्गत सुल्तानपुर गांव में देर रात घर में घुसकर अपराधियों ने चार सगे भाईयों को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया सभी का पीएमसीएच में इलाज चल रहा है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में खगड़िया में आयोजित रणधीर वर्मा अंडर नाईंटीन क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खगड़िया और गया के बीच खेला जायेगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने एक्जिट पोल से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान लिखता है मोदी की वापसी तय पर कांग्रेस की भी सीटें बढ़ेंगी दैनिक जागरण ने लिखा है राजग को तीन सौ से अधिक सीटें मिलने के आसार हिल सकती है तृणमूल की जड़ें यूपी में भाजपा को हो सकता है नुकसान दैनिक भास्कर की सुर्खी है आठ बड़ी सर्वे एजेंसियों ने एनडीए को बहुमत दर्शाया अब तेईस मई को नतीजों का इंतजार प्रभात खबर ने लिखा है इस बार फिर मोदी सरकार राष्ट्रीय सहारा लिखता है अंतिम चरण में पड़े तिरपन दशमलव पांच पांच प्रतिशत वोट आज ने जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है तीन से चार चरणों में ही चुनाव कराने की जरूरत

कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले बेहतर रहने के आसार सर्वेक्षणों में बिहार की चालीस लोकसभा सीटों में से एनडीए को भारी बढ़त